गृह विभाग की ओर से जारी नई गाइड लाइन के अनुसार धार्मिक स्थलों पर प्रबंधन द्वारा ही नियमित पूजा अर्चना होगी ऑनलाइन दर्शन की व्यवस्था जारी रहेगी जयपूर जिला कलक्टर अन्तर सिंह नेहरा ने आमजन से अपील की है कि घर पर रहकर ही पूजा अर्चना और इबादत करें

सवाई माधोपुर शहर के मुख्य बाजारों में प्रशासन की ओर से लाउड स्पीकर के माध्यम से कोविड गाइड लाइन की पालना की अपील की जा रही है

इस बीच रूस में भारत के राजदूत ने कहा है कि रूस की कोरोना वैक्सीन स्पूतनिक वी इस महीने भारत को मिल जाएगी प्रदेश की सहाड़ा सुजानगढ़ और राजसमंद विधानसभा सीटों पर उप चुनाव के लिए कल मतदान होगा

कल शाम प्रचार समाप्त होने के साथ ही प्रत्याशियों ने घर घर जनसंपर्क शुरू कर दिया है

बारां जिले के छबड़ा कस्बे में उत्पन्न हुए तनाव के बाद घटना की निष्पक्ष जांच और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर एक संगठन के आहवान पर आज जिला बंद है हमारे संवाददाता ने बताया कि आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को छोड़कर जिले के सभी बाजार बंद हैं संयुक्त व्यापार महासंघ ने भी बंद को अपना समर्थन दिया है कस्बे में आज पांचवें दिन भी कफ्यू जारी है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर जिले के माघोराजपुरा आंधी और तूंगा और चित्तौड़गढ़ की बस्सी उप तहसील कार्यालय को तहसील कार्यालय में क्रमोन्नत करने की मंजूरी दे दी है इस निर्णय से लोगों को स्थानीय स्तर पर ही राजस्व कार्यों के निष्पादन की सुविधा मिल सकेगी

कोविड महामारी को देखते हुए प्रदेशभर में औपचारिक रूप से कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं झुंझुनू पुलिस लाइन में आयोजित कार्यक्रम में चयनित जवानों को उत्तम सेवा चिन्ह प्रदान किए गए मौसम विभाग ने आज प्रदेश के बीकानेर जोधपुर अजमेर जयपुर और भरतपुर संभागों के जिलों में मेघ गर्जन के साथ आंधी और हल्की बारिश की संभावना जताई है